इसके साथ ही न्यायालय ने सचिन पायलट पक्ष की उस याचिका को भी स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने इस मामले में केन्द्र सरकार को पक्षकार बनाने का निवेदन किया था न्यायालय ने कहा कि इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी केन्द्र सरकार ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों के मुताबिक इस बार समारोह सीमित लोगों की मौजूदगी में आयोजित होगा तथा इसमें प्रधानमंत्री का संबोधन गार्ड ऑफ ऑनर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान जैसी सीमित गतिविधियां ही होंगी

इस बीच कोटा में प्लाज्मा थैरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है कल एक साठ वर्षीय मरीज को प्लाज्मा दिया गया राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ी लाल मीणा को कोरोना संकमण होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी और उनके निजी सचिव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और पिछले दस दिनों में उनके संपर्क में आने वाले लोग अपना ध्यान रखें सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है

आदेश के अनुसार भारत की सीमा से लगे देशों की कंपनियां सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत होने पर ही वस्तुओं परामर्श और गैर परामर्श सेवा या परियोजना कार्यो की सरकारी खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी इसके लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति और गृहमंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी भी अनिवार्य होगी केन्द्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भी इस आदेश के अनुपालन के लिए पत्र लिखा है हनुमानगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्वर मार्केट योजना से जुड़ गई है अब काश्तकार अपनी उपज किसी भी मंडी में बेच सकेंगे

राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के तीन सौ मीटर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक लगा दी गई है

अब प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं हो सकेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

आज सुबह सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में भारी बारिश हुई जिससे बस स्टैण्ड सहित आसपास के इलाको में पानी भर गया और बाजार नहीं खुल पाए

मौसम विभाग ने आज जयपुर अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है